इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लालकिले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए और घरेलू तथा वैश्विक बाजार में उत्पादन के लिए अपने व्यापक प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए श्री मोदी ने कहा कि कोरोना संक्रमण महामारी के बीच देशवासियों ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया है उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत इस सपने को साकार करेगा

संकल्प आत्मनिर्भर बनने का और आत्मनिर्भर भारत आज हर हिन्दुस्तान के मन मस्तिष्क में तो छाया हुआ है आत्मनिर्भर भारत ये सपना संकल्प में परिवर्तित देख रहे है

भारत के हेस्थ सेक्टर में ये एक नई क्रांति ले आएगा इलाज में आने वाली परेशानियां कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत सुविचारित रूप से उपयोग होगा प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी दी जायेगी ये हेल्थ आईडी प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य खाते की तरह काम करेगी आपके हर टेस्ट हर बीमारी आपको किस डॉक्टर के पास कौन सी दवा ली थी उनका क्या डायग्नोजिज था कब दी थी आपकी रिपोर्ट क्या थी ये सारी जानकारी इस एक हेल्थ आइडी में आपको समाहित की जाएगी श्री मोदी ने बताया कि भारत में कोरोना की तीन वैक्सीन परीक्षण के विभिन्न स्तरों पर हैं और वैज्ञानिकों की मंजूरी मिलने के बाद इनका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो जाएगा

हालांकि कोरोना संकट के कारण इस बार राज्य और जिला स्तर पर आयोजित समारोह बीते सालों की तुलना में कुछ अलग रहे स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह राजधानी रायपुर के पुलिस परेड मैदान में आयोजित किया गया जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तिरंगा फहराया

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं श्री बघेल ने कहा कि राज्य सरकार ने बिजली के उपभोग से रोजगार और खुशहाली में वृद्धि का रास्ता अपनाया है इसके लिए पारेषण वितरण तंत्र को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना विकास योजना प्रारंभ की जा रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पढ़ई तुंहर दुआर की पहल को आगे बढ़ाते हुए अब गांवों में समुदाय की सहायता से बच्चों को पढ़ाने के लिए पढ़ई तुंहर पारा योजना शुरू कर रही है इंटरनेट के अभाव वाले अंचलों के लिए ब्ल्यू दूथ आधारित व्यवस्था बूल्टू के बोल का उपयोग किया जाएगा

उन्होंने कहा कि प्रदेश में डॉक्टर राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना भी शुरू की जाएगी जो रियायती दरों पर पैथोलॉजी तथा अन्य जांच सुविधाएं उपलब्ध कराएगी इसके अलावा घर पहुंच सेवाओं के लिए नगरीय क्षेत्रों में मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की जाएगी जिसमें कॉल सेंटर में फोन करके आवेदन दस्तावेज आदि मेजे जा सकते हैं इसके अंतर्गत ऑनलाइन और एसएमएस एलर्ट के माध्यम से न्यूनतम खर्च पर घर बैठे कई तरह की सेवाएं दी जाएंगी मुख्यमंत्री ने बताया कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत दूसरी किस्त पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर बीस अगस्त को दी जाएगी श्री बघेल ने कहा कि युवाओं को खेती किसानी की नई तकनीक का ज्ञान देने के लिए महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के साथ ही चार नए उद्यानिकी कॉलेज तथा एक खाद्य तकनीकी और प्रसंस्करण कॉलेज खोला जाएगा इसके अलावा दुग्ध उत्पादन और मछली पालन की आधुनिकतम जानकारी देने के लिए तीन विशिष्ट पॉलीटेक्निक कॉलेज भी खोले जायेंगे

इस कार्य में प्रदेश की जनता को सहभागिता का अवसर देने के लिए राम वन गमन पर्यटन परिपथ विकास कोष का गठन किया जाएगा वहीं मरवाही में महंत बिसाहू दास जी के नाम से उद्यानिकी महाविद्यालय भी खोला जाएगा इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने तथा उनके हितों की रक्षा के लिए राज्य में होने वाली नई नियुक्तियों तथा पदोन्नतियों के लिए गठित की जाने वाली समितियों में महिला प्रतिनिधियों की उपस्थिति अनिवार्य करने की भी घोषणा की समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बीते कुछ समय के दौरान नक्सलवादी वारदातों पर अंकुश लगा है

वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कोरबा में ध्वजारोहण किया इसके अलावा राज्य शासन के मंत्रियों और संसदीय सचिवों ने विभिन्न जिला मुख्यालयों में तिरंगा फहराकर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया रायपुर सहित विभिन्न जिला मुख्यालयों में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोहों के दौरान आज कोरोना योद्वाओं का भी सम्मान किया गया

विधानसभा सचिवालय में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह उमंग और उल्लास के साथ मनाया गया विधानसभा के प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगराड़े ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली उधर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर और रायपुर मंडल के कार्यालय परिसर में भी ध्वजारोहण किया गया वहीं दुर्ग रेलवे स्टेशन में राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने सौ फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज फहराया इस मौके पर लोकसभा सांसद विजय बघेल दुर्ग विधायक अरूण वोरा डीआरएम रायपुर श्याम सुंदर गुप्ता उपस्थित थे इधर एनएमडीसी के हैदराबाद स्थित कंपनी के मुख्यालय और परियोजना स्थलों पर ध्वजारोहण किया गया इस बीच आईआईएम रायपुर में भी चौहत्तरवां स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास से मनाया गया इस मौके पर निदेशक प्रोफेसर भारत भास्कर ने ध्वजोराहण किया

एम्स परिसर में निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर नितिन एम नागरकर ने चिकित्सकों नर्सिंग अधिकारियों शिक्षकों और अधिकारियों की उपस्थिति में ध्वजारोहण किया उन्होंने कहा कि एम्स प्रदेशवासियों को श्रेष्ठतम चिकित्सा उपचार देने के लिए संकल्पित है आकाशवाणी केन्द्र रायपुर में उप निदेशक अभियांत्रिकी और कार्यालय प्रमुख जीपी शर्मा ने आकाशवाणी परिसर में ध्वजारोहण किया इस मौके पर आकाशवाणी केन्द्र रायपुर के विभिन्न अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृलपति डॉक्टर एसके पाटील ने कृषि महाविद्यालय रायपुर में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण किया और तिरंगे को सलामी दी शहीद सम्मान धमतरी जिले में आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अड़तीस शहीद जवानों के परिजनों को उनके घर जाकर शॉल और श्रीफल भेंटकर सम्मानित किया गया इधर राजधानी रायपुर में भी आज नयापारा निवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चौरानवे वर्षीय रामकृष्ण गुप्ता के घर जाकर उन्हें सम्मानित किया गया गढ़कलेवा प्रदेश के कई जिला मुख्यालयों में आज से छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का सुसज्जित रेस्टॉरेंट गढ़कलेवा शुरू हो गया है दुर्ग राजनांदगांव बालोद महासमुंद मुंगेली कोरिया और जगदलपुर सहित अन्य जिलों में मंत्रियों और संसदीस सचिवों ने गढ़कलेवा का शुभारंभ किया गढ़कलेवा में छत्तीसगढ़ी व्यंजन खुरमी ठेठरी फरा गुंजिया अंगाकर रोटी चीला कढ़ी अनरसा गुलगुल भजिया और भोभरा जैसे स्वादिष्ट स्थानीय व्यंजन उपलब्ध रहेंगे गढ़कलेवा खुल जाने से एक ओर जहां लोग छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का स्वाद ले सकेंगे वहीं दूसरी ओर स्थानीय महिला समूहों के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे छत्तीसगढ स्वच्छता सम्मान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वच्छता के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ को आगामी बीस अगस्त को पुरस्कृत करेंगे केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष देश के सभी शहरों और राज्यों के बीच आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण में शहरी स्वच्छता का विभिन्न पैमानों पर आंकलन किया जाता है इसमें घर घर से कचरा एकत्रीकरण कचरे का निपटान खुले में शौचमुक्त शहर और कचरा मुक्त शहर स्टार रेंटिंग का थर्ड पार्टी के माध्यम से आंकलन करने के साथ आम जनता के फीडबैक को शामिल कर राज्यों और शहरों की रैंकिंग जारी की जाती है इस वर्ष छत्तीसगढ़ ने स्वच्छता के क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बरकरार रखा है हमर ग्राम सभा प्रसारण पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव कल शाम साढ़े सात बजे आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित विशेष कार्यक्रम हमर ग्राम सभा में पेसा कानून के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे इस कार्यक्रम को मीडियम वेब नौ सौ इकयासी किलो हर्ट्ज पर सुना जा सकता है इस कार्यक्रम को प्रदेश रिथत आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे गौठान पशु प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में विचरण करने वाले पशुओं को गौठान में रखा जाएगा

जारी निर्देश में बताया गया है कि इन पशुओं को रात्रि में भी गौठान में रखा जाएगा पशुओं की देखरेख की जिम्मेदारी गौठान समिति की होगी गौठान में पशुओं से प्राप्त गोबर पर गौठान समिति का अधिकार होगा वहीं खुले में विचरण करने वाले पशुओं को गौठान में पहुंचाने की जिम्मेदारी पंचायत सचिव की होगी पशुधन विभाग द्वारा गौठान में पशुओं को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी जबकि गौठान में पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था जिम्मेदारी गौठान समिति को दी गई है माओवादी समर्पण सुकमा जिले में आज तीन इनामी सहित पांच माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया इन पर आठ लाख रूपये का इनाम घोषित था हमारे संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक इन माओवादियों ने पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के डीआईजी योज्ञान सिंह के सामने आत्मसमर्पण किया मौसम मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के एक दो स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर तटीय ओडिशा और उससे लगे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है साथ ही ऊपरी हवा में एक चक्रवाती घेरा भी बना हुआ है इसके असर से प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो रही है इधर रायगढ़ जिले के सारंगढ़ क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से आज तीन लोगों की मौत हो गई वहीं चार अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं हमारे संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक जिले के ग्राम हरदी में सात ग्रामीण खेतों में काम कर रहे थे इसी दौरान खेत में आकाशीय बिजली गिर गई जिसकी चपेट में आने से तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई उधर बीजापुर जिले में पिछले एक हफ्ते से हो रही लगातार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है नदी नाले उफान पर हैं कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है खेतों में पानी भर जाने से फसलों को भी नुकसान हुआ है लगातार बारिश के कारण बीजापुर से महाराष्ट्र और तेलंगाना को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग तिरसठ तथा एक सौ तिरसठ पूरी तरह बंद हो चुका है जिला मुख्यालय से चेरपाल बेदरे पमंगल तोयनार मिडते मिरतुर और सकनपल्ली समेत सैकड़ों गांव टापू बन गए हैं

कोरोना जांच स्पष्टीकरण राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि सर्दी जुकाम से पीड़ित लोगों द्वारा कोरोना संक्रमण की पहचान के लिए चौबीस घंटे के भीतर सैंपल जांच अनिवार्य रूप से कराने के संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया है